सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पता चला है कि बालाकोट में आंतकी गतिविधियॉ फिर से सक्रिय हो गई है और भारतीय रक्षा बल को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा की तरह सर्तक है आज चेन्नई मे मीडिया से बात करते हये उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने कुछ समय पहले बालाकोट आंतकी शिविररों को नष्ट कर दिया था लेकिन हाल ही में वे फिर से सक्रिय हो गये है जब उनसे पूछा गया कि क्या आतंक रोधी हवाई अभियान दोहराया जायेगा तो उन्होंने पूछा कि एक ही कार्रवाई क्यों दोहाराई जानी चाहिए उससे आगे क्यों नहीं जाना चाहिए जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान आंतकवादियों को भारत में भेजने के लिए संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना संघर्ष उल्लघंन से निपटना जानती है श्री रावत ने कहा कि सेना सर्तक है और घुसपैठ के सभी प्रयासों को नकाम कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि जम्मू कशमीर में कोई प्रतिबंध नहीं है केवल आंतकवादियों और पश्चिमी देश में बैठे उनके आकाओं की बीच के सम्पर्क को तोड़ा गया है उन्होंने दोहराया कि आम जनता के लिए टैलीफोन लाईनस पर कोई प्रतिबंध नहीं है केन्द्रीय सुक्षम लघ् और मझौले उदयोगबारे मंत्री नितिन गडकरी ने ऊर्जा सम्बधी ऑडिट की जरूरत पर ज़ोर दिया है खास कर उन लोगों के लिए जो ऊर्जा बचत मानको का पालन नहीं कर रहे है श्री गड़करी आज नई दिल्ली में सूक्षम लघ् और मध्यम उदयोगों के क्षेत्र में ऊर्जा की बचत को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन मे सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि परिवहन लागत को कम करना सरकार की पहली प्राथमिकता है

मंत्री ने कहा कि सरकार परिवहन खर्चो केा कम करने के लिए जल मार्गो का विकास कर रही है उन्होंने कहा कि सरकारजल मार्गो मे प्रयक्त होने वाले पारम्परिक ईधन की जगह तरल प्राकृतिक गैया यानि एल एन जी मीथेनोल सीएनजी ईैलक्ट्रोनिक एवं सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि बिजली की नई दरे मंत्रिमंडल की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है उन्होंने कहा कि सबसिडी डीबीटी दवारा मुहैया करवाई जाये और उपभोक्ताओं को अपनी ऊर्जा कंपनी चुनने की आज्ञा देने की सिफारिश भी की गई है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को श्रू हये आज एक वर्ष पूरा हो गया है तथा आज का दिन देश भर में आयुष्मान भारत मिशन के रूप में मनाया जा रहा है

एक टिवीट में श्री मोदी ने कहा िक यह योजना स्वास्थ्य सेवा को सस्ता और सुलभ बनाते हये गरीबी और बीमारी के द्वष्चक्र को तोड़ने वाली है स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन ने एक टिवीट में कहा है कि आय्ष्मान भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वासथ्य देशभाल कार्यक्रम है

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने तीन विशेष कार्यकारी अधिकारियों और तीन सलाहकारों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं

म्ख्यमंत्री ने आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही इस्तीफे त्रंत प्रभाव से स्वीकृत कर लिये थे और आज मुख्य सचिव कार्यालय दवारा इस सम्बन्ध में आधिकारिक आदेश जारी किये गए हैं प्रवक्ता ने बताया कि जिन्होंने अपने इस्तीफे सौंपे थे उनमें प्रधान विशेष कार्यकारी अधिकारी नीरज दफ़्त्रआर विशेष कार्यकारी अधिकारी भूपेश्वर दयाल और अमरेन्द्र सिंह तथा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन और अमित आर्य तथा प्रधान राजनीतिक सलाहकार दीपक मंगला शामिल है हरियाणा के मुख्य च्नाव अधिकारी ने राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को आदर्श च्नाव संहिता का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिये है उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी इन निर्देशों की सख्ती से अन्पालना सुनिश्चित करने को कहा है इस सिलसिले मे आज प्रदेश के कई जिलों मे जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राजनेतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठके की और उन्हें च्नाव नियमावली के अन्सार काम करेन को कहा यम्नानगर से हमारे संवादाता ने बताया कि उपायुक्त मुकुल कुमार ने आज राजनेतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों को वाहनों रैली स्थलों लाउडस्पीकर सम्बधी अन्मति देने के लिए सुविधा ऐप्प तैयार की गई है

राजनैतिक दलों को धर्म जाति व संप्रदाय के नाम पर वोट की अपील न करने और किसी धार्मिक स्थान को चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग न करने की हिदायत दी है

उन्होंने कहा कि चार विधानसभाओं हलकों के तहत एक हरित मतदान केन्द्र बनाया जायेगा ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके इसे अलावा हर मतदान केन्द्र पर मेडीकल बूथ भी होगा जहां शहरी क्षेत्रो में डाक्टरों व मेडिकल किट की स्विधा भी होगी

आदेशों मे कहा गया कि अनुमति के बिना किसी भी वाहन या स्थान पर राजनैतिक दलों दवारालाउ स्पीकरों को प्रयोगा की मनाही होगी राजनैतिक दला व उम्मीदवार स्बह छ बजे से सात दस बजे तक लाउडस्पीकरो का प्रयोग कर सकेंगे हरियाणा में आज शहीद तुलाराम की शहादत को हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया भिवानी में केन्द्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह राज्य सभा सांसद डी पी वत्स व केन्द्रीय राज मंत्री जनरल वी के सिंह ने शहीद तुलाराम को पुष्पाजंलि अर्पित की इस मौके जनरल वी के सिंह ने कहा कि राव त्लाराम से ज्ड़े इतिहास को दक्षिण हरियाणा की वीर भूमि के बच्चों को किताबों के माध्यम से अवगत कराया जाना चाहिए राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में पहंचे सांसदों ने राव त्लाराम को महान व्यक्ति बताते हये उनकी शहादत का याद रखे जाने की अपील की उधर पलवल में नेता जी सुभाष चंद्र बोस सटेडियम के शहीद स्मारक पर डा अब्दुल कलाम सेवादल ने पृष्प अर्पित कर शहीदो को श्रदवाजंलि अर्पित की

उन्होंने लोगों को ऐसे शहीदों के जीवन से प्ररेणा की अपील भी की पंचकुला के जिला सभागार में भी राव तुलाराम व प्रदेश के अन्य शहीदों को नमम किया गया

उन्होंने कहा कि राव तुलाराम ने देश प्रेम का जो जज्बा दिखाया उससे आज की पीढ़ी को सीख लेने की जरूरत है इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने कविता व देश भक्ति गीतों के माध्यम से शहीदों को श्रद्वास्मन अर्पित किये यमुनानगर से भी उपायुक्त मुकुल कुमार की नुमाइंदगी में राव तुलाराम व अन्य शहीदों के लिए श्रद्वाजंलि समारोह आयोजित किये जाने के समाचार है

हरियाणा पूलिस मुख्यालय के प्रवक्ता के अन्सार वरिष्ठ पूलिस अधीक्षक ड़ा अरुण सिंह ने अभियान की सफलता का श्रेय जनता के सहयोग व इस अभियान में लगी प्लिस टीमों को दिया है उन्होने लोगों से आगे भी सहयोग की अपील करते हये कहा कि अगर इसी तरह जिला की जनता का सहयोग मिलता रहा तो मादक पदार्थ तस्करो के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के और अधिक बेहतर परिणाम सामने आएगें

उन्होने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों यूवा कल्बों सामाजिक सस्थाओं के सहयोग से आम लोगों को नर्शे के खिलाफ जागरुक भी किया जा रहा है विश्व के सबसे खतरनाक खेलों में से एक पर्वतारोहण में भिवानी के पर्वतारोही वरूण ने दक्षिण अफ्रीका के किलीमंजारों पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा कर प्रदेश व देश का मान बढ़ाया है